इस सफलता को लेकर आज शिमला में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने खुब जश्न मनाया पार्टी मुख्यालय दीपकमल में हए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर भी शामिल हए उन्होंने ऐतिहासिक चुनाव नतीजों को केन्द्र की विकास नीतियों पर जनता का विश्वास बताया जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अपर्न अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा इस मौके स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा पार्टी उपाध्यक्ष गणेश दत्त और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजुद रहे

शिक्षा व संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी दी है इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कल शिमला स्थित विधानसभा परिसर में होगी इसकी अध्यक्षता विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री करेंगे

इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती करेंगे इसमें चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे शहीद स्मारक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने एक ईंट शहीद के नाम अभियान के तहत बिलासपुर के शहीद स्मारक के लिए अपनी तरफ से ईंट अर्पित की है उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि प्रदेश का पहला शहीद स्मारक बिलासपुर के चंगर सैक्टर में बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि इस युद्ध स्मारक को भव्य व सुंदर रूप देने के लिए चण्डीगढ़ के वास्तुकारों की सेवाएं ली जाएंगी अभियान के संयोजक संजीव रॉणा ने उम्मीद जताई है कि मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य भी अभियान से जुड़कर शहीदों का कर्ज च्काने के लिए किए जा रहे प्रयासों में अपनी सहभागिता निभाएंगे

वे आज हमीरपुर ज़िले के सुजानपुर क्षेत्र की कक्कड़ पंचायत के छम्ब गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे

इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ढाक गांव से जाखी व रमई पेखा सड़क का भूमि प्रजन और समाला से जूणीधार सड़क का उद्घाटन शामिल है

बिक्रम ठाक्र उद्योग व तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा ज़िले में जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की कलोहा और बठरा पंचायतों का दौरा किया इस मौके उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा सड़क व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है बिक्रम ठाक्र ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए उच्च श्रेणी के तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे उन्होंने जन समस्याए भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि पात्र लोगों को इनका लाभ भिल सके ये बात आज उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी में जनसमस्याएं सुनने के बाद कही सरवीण चौधरी ने दूरदराज क्षेत्र के लोगों के सर्वागीण विकास की अपनी प्रतिबद्धता जताई चम्बा भाजपा चम्बा ज़िले की पंचायत समिति मैहला में अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुए मतदान में भाजपा समर्थित भावना देवी को अध्यक्ष और रोशन लाल को उपाध्यक्ष चुना गया है

भरमौर के विधायक जीयालाल व चम्बा सदर के विधायक पवन नैयर ने दोनों पदाधिकारियों को इस जीत पर बधाई दी है मौसम जनजातीय ज़िले लाहौल स्पीति में बीती रात से रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जिससे समूची घाटी कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है किन्नौर कल्ल चम्बा और शिमला ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बाद दोपहर से हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में कही कहीं वर्षा हो रही है ताजा हिमपात व वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है इधर कांगड़ा जिले में कई स्थानों पर वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हई जिससे गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है